सरकार ने राफाल लड़ाकू विमान मामले में उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दायर किया कहा याचिकाकर्ता गोपनीय जानकारी सार्वजनिक करने के दोषी शीर्ष न्यायालय आज मामले की सुनवाई करेगा अमेरिका ने कहा कि मसूद अजहर पूरी तरह से वैश्विक आतंकवादी ठहराए जाने के है योग्य सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर अयोध्या विवाद निपटारे के लिए गठित मध्यस्था पैनल की बैठक कल से अयोध्या में हुई शुरू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से आह्वान किया है कि वे मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण शीघ्र करा लें लोकतंत्र के चार अनुरोध नाम से लिखे ब्लॉग में श्री मोदी ने कहा कि लोग अपना आवेदन बूथ स्तर के अधिकारी या निर्वाचन आयोग की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एन वी एस पी डॉट आई एन के माध्यम से अथवा चुनाव कार्यालय में भी जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं उन्होंने लोगों से अपने परिवार मित्रों और सहयोगियों को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की है श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष का चुनाव उन लोगों के लिए विशेष है जो इक्कीसर्वी सदी में पैदा हुए और वोट देने के योग्य बने हैं उन्होंने मतदान के योग्य सभी युवाओं से मतदाता पंजीकरण का अनुरोध किया है श्री मोदी ने कहा कि मतदान राष्ट्र के विकास में योगदान की इच्छा को प्रकट करता है इसके माध्यम से देश के लोग आपस में जुड़ते हैं और अपनी आकांक्षाएं पूरी करते हैं प्रधानमंत्री ने राजनीतिक कार्यकर्ता व्यापारी खिलाड़ी फिल्मकार मीडिया और सुबह सैर करने वाले लोगो से अनुरोध किया है कि वे मतदाताओं में जागरूकता पैदा करें उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाने के लिए भारत को ज्ञान केन्द्रित और प्रौद्योगिकी आधारित भूमिका की आवश्कयता है चेन्नई में एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के समारोह में श्री नायडू ने कहा कि भारत को नवाचार संस्कृति और टेक्नॉलोजी से जुड़े उद्यमों को बढ़ावा देना चाहिए जिससे देश विश्व में उपलब्ध अवसरों का भागीदार बन सके रक्षा मंत्रालय ने रफाल लड़ाकू विमान मामले में उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दायर किया है सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि रफाल सौदे के उसके फैसले की समीक्षा के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर दस्तावेज राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति संवेदनशील हैं अपने हलफनामे में सरकार ने कहा कि जिन लोगों ने सरकारी दस्तावेजों की फोटोकापी का षडयंत्र रचा उन्होंने अपराध किया है और गोपनीय जानकारी को सार्वजनिक कर के देश की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है हलफनामे में कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं पूर्व केन्द्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी तथा वकील प्रशांत भूषण द्वारा दाखिल दस्तावेज विमान की लड़ाकू क्षमता से सम्बन्धित है इसमें कहा गया है कि ये दस्तावेज व्यापक रूप से उपलब्ध हैं और ये देश के शत्रश्नों को भी उपलब्ध हैं सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने अनधिकृत रूप से जो दस्तावेज पेश किए हैं वे सूचना के अधिकार कानून के तहत सार्वजनिक नहीं किये जा सकते शीर्ष न्यायालय रफाल मामले की समीक्षा याचिका पर आज विचार करेगा केन्द्र ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण को कानूनी रूप से न्याय संगत बताते हुए कहा है कि इससे सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलेगा उच्चतम न्यायालय में एक हलफनामा पेश करते हुए केन्द्र ने कहा कि समाज के आर्थिक रूप से ऐसे कमजोर वर्गों को फायदा पहुंचाने के लिए संवैधानिक संशोधन करना आवश्यक हो गया था जिन्हें आरक्षण की जारी योजनाओं के तहत फायदा नहीं मिल रहा था इस संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के सिलसिले में यह हलफनामा दाखिल किया गया है निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों और पर्यवेक्षकों की आज नई दिल्ली में बैठक बुलायी है यह बैठक होने वाले लोकसभा और विघानसभा चुनाव की तैयारियों की जानकारी लेने के लिए बुलायी गई है एक अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयुक्त सुशील चन्द्र और अशोक लवासा बैठक को संबोधित करेंगे केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दो हजार उन्नीस में लोकसभा के आम चुनाव के सिलसिले में जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा चौदह के अंतर्गत कानूनी अधिसूचना जारी करने की मंजूरी दे दी है इसके तहत की गई व्यवस्था में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से कहा जाता है कि वे निर्वाचन आयोग की सिफारिश वाली तारीखों पर लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करें मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से संबंधित कुछ अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है

अमरीकी विदेश विमाग ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रतिबंध के प्रस्ताव पर चीन का विरोध क्षेत्रीय स्थायित्व और शांति के विपरीत है अमरीकी प्रवक्ता रॉबर्ट पैलाडिनो ने कहा कि अमरीका और भारत आतंकवाद को रोकने के लिए मिलकर काम कर रहे हें जैश ए मोहम्मद संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकी गुट है मसूद अजहर इस गुट का सरगना है वह पूर्ण रूप से वैरिवक आतंकी ठहराये जाने के लायक है इस आतंकी गुट ने कई हमले किये हैं जिससे वैस्विक और क्षेत्रीय स्थिरता तथा शांति भंग होती है रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले के निपटारे के लिए बनी तीन सदस्यों वाली मध्यस्थता समिति की पहली बैठक कल अयोध्या में शुरू हुई उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति फकीर अहमद इब्राहिम कलीफुल्ला की अध्यक्षता वाली समिति की बैठक में अन्य दो सदस्य अध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राम पांचू के अलावा दोनों पक्षों के वकील शामिल थे बैठक आज फिर होगी सूचना और प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव विक्रम सहाय और प्रकाशन प्रभाग की महानिदेशक साधना राउत ने लंदन पुस्तक मेले में भारतीय मंडप का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है

देवरिया के सदर कोतवाली क्षेत्र में परसों मध्य रात्रि बारातियों से भरी एक बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा कर दुर्घटनाग्रस्त हो गयी इस दुर्घटना में बोलेरो में सवार आठ लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गयी तथा तीन अन्य गम्भीर रूप से घायल हो गये पुलिस सूत्रों ने बताया कि खोराराम गांव से एक बारात सलेमपुर क्षेत्र के सोहनपुर गांव गयी थी बारात के लोग रात्रि में ही वाहन से वापस लौट रहे थे जब यह दुर्घटना हयी घायलों को गोरखप्र के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है उधर बलिया के नरही क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में दो लोंगों की मृत्यु हो गयी पुलिस सूत्रों ने बताया कि मेड़वराकला निवासी दो लोग मोटरसाइकिल पर बैठकर गड़वार जा रहे थे तभी बलिया भरौली मार्ग पर बिलरिया गांव के पास सामने से आ रही कार ने इन्हें टक्कर मार दी कानपुर नगर जिले के घाटमपुर क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर सात हो गयी है जबकि बारह से अधिक लोगों को हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है गम्मीर रूप से बीमार लोगों को इलाज के लिये लखनऊ पीजीआई भेज दिया गया है जहरीली शराब काण्ड में शामिल आठ आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है और दस फरार आरोपितों की तलाश की जा रही है इस सम्बंध में जिला आबकारी कानपुर नगर राजेश कुमार मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है वही मामले में आबकारी इंस्पेक्टर घाटमपुर कोतवाली प्रभारी समेत पांच लोग निलंबित किये जा चुके है घटना की मजिस्ट्रियल जांच की जायेगी लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों की गतिविधियां जोर पकड़ रही हैं विभिन्न दल अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में लगे हैं भारतीय जनता पार्टी की घोषणा समिति की बैठक नई दिल्ली में हुई समिति के अध्यक्ष और गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में रक्षामंत्री निर्मला सीतारमन भी शामिल हुई